राज्य में कोरोना के खिलाफ जन आन्दोलन अभियान का आगाज सरकार करेगी एक करोड़ मास्क का वितरण

अपने एक संबोधन में महात्मा गांधी ने उद्योगपतियों से आग्रह किया था कि वे अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से गरीबों के साथ धोखा न करें

आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में पूरे विश्व का हित निहित है कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हाल में कई सुधार लागू किए हैं जिनसे उद्योग और शिक्षाजगत को नए अवसर मिलेंगे वैभव सम्मेलन को विशिष्ट बौद्विक प्रतिभाओं का संगम बताते हए श्री मोदी ने कहा कि सम्मिलित प्रयासों से शोध के लिए अनुकूल माहौल सुजित होगा और परम्परा के साथ आधूनिकता के तालमेल से समृद्धि के अवसर बढ़ेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की मदद के लिए उच्च श्रेणी का वैज्ञानिक शोध चाहती है कृषि वैज्ञानिकों ने दलहन का उत्पान बढ़ाने में कठिन परिश्रम किया है उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वदेशी आधार पर वैक्सीन निर्माण को बढ़ावा दिया है वैक्सीन कार्यक्रम और पोषण मिशन से बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को वांछित स्तर तक लाना संभव हुआ है

यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है

लगभग नौ किलोमीटर लंबी यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है इससे पहले भारी हिमपात के कारण इस घाटी से संपर्क लगभग छह महीने के लिए बाधित हो जाता था रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे एक दिन के दौरे में प्रधानमंत्री दो जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे

आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान शहरी के शानदार छह सालों की उपलब्धियों को लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया गया इस वेबिनार का शीर्षक था स्वच्छता के छह साल बेमिसाल आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अब स्वच्छतम भारत की शपथ लेने का समय आ गया है

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण में कोरोना महामारी के बीच मतदान आज शाम साढे पांच बजे तक होगा मतदान को लेकर सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है

कल कोरोना के विरूद्व इस अभियान का शुभारम्भ जयपुर में किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कहा कि कोरोना के विरूद्व जनआन्दोलन की शुरूआत मुख्यमंत्री का समसामयिक निर्णय है विधानसभा अध्यक्ष ने कोरोना संक्रमण के काल में राज्य सरकार द्वारा राज्य मे मजबूत मेडिकल इन्फ्रास्ट्रेक्चर स्थापित करने की सराहना करते हुए कहा कि इस बार सरकार ने कोरोना के विरूद्ध जन आन्दोलन का आगाज किया है उन्होंने कहा कि बिना जन चेतना और जन आन्दोलन के इस महामारी से लड़ना नामुमकिन है चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने इस मौके पर कहा कि जन आन्दोलन के द्वारा जनता को सीधे कोरोना संक्रमण के विरूद्व जोड़ा जा रहा है डॉ शर्मा ने कहा कि मार्च से लेकर अब तक राज्य में चिकित्सा आधारभूत सुविधाओं को काफी मजबूत किया है

यह औसत काफी राज्यों से बेहतर है

उधर उदयपुर जिले में आज से कोरोना के विरूद्व जन आन्दोलन अभियान की शुरूआत हो रही है जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि कोरोना से बचाव और सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले इस अभियान को सफल बनाने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए है

श्री गहलोत ने अपने संवेदना संदेश में कहा कि देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में स्व खांडेकर के योगदान को सदैव याद किया जाएगा

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें